मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कार्य भें भी तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यभिता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ये प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के अलावा परिवहन का भी प्रमुख साधन है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना महामारी के इस संकट में कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा इस संकट की घड़ी में लगातार लोगों की सेवा में व्यस्त है वहीं कांग्रेस बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जहां एक ओर बाहरी राज्यों से लोग वापिस लाए हैं वहीं प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में पूरी सहायता की है भारद्दाज ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन मास्क और अन्य जरूरत का सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कथित सेनिटाइजर मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफतार किया है शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और सेनिटाइज़र मामला संज्ञान में आते ही जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया गया भारद्दाज ने कहा कि वेंटिलेटर मामले में सरकार ने पूरी पारदर्शिता अपनाई है और इस मामले में भी कांग्रेस के आरोप निराधार है

अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं

सरवीण चौधरी ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कूशल नेतृत्व में कोरोना महामारी के संकटकाल में भी भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता भें उन्होंने कहा कि कोन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है सैजल ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद बयानबाजी का भी आरोप लगाया मास्क भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है

उन्होंने इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा का आभार जताया है

उधर कुल्लू जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने बंजार घाटी में लोगों को पाार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए मास्क व सैनेटाइज़र बांटे आत्मनिर्मर भारत सिरमौर जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त की देख रेख में एक कार्य दल गठित किया गया है ये जानकारी देते हुए उपायुक्त आर के परूथी ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्र नाहन के महा प्रबंधक व यूको बैंक के अधिकारी इसके सदस्य होंगे

उन्होंने जिले के इच्छुक उद्यमियों को इस पैकेज का लाभ उठाने की अपील की है